पालमपुर की अलाइका राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित मुख्यमंत्री ने दी बधाई

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रत्येक घर को जल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ही जल जीवन मिशन कार्यक्रम शरू किया है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में जनसुनवाई करते हुए ये जानकारी दी

जयराम ठाकर ने कहा कि इसके अलावा मुख्यमंत्री हैल्पलाईन सेवा भी जनशिकायतों के निपटारे की दिशा में कारगर साबित हुई है और इससे लोगों के समय व पैसे की बचत हो रही है

उन्होंने कहा कि ये केन्द्र राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा परियोजना के तहत खोला गया है बिंदल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि संगठन और सरकार को मजबूती प्रदान करना उनकी प्राथमिकता है ताकि राज्य का अधिक विकास हो सके भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार नाहन पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने कालाअम्ब में उनका जोरदार स्वागत किया राजीव बिंदल रोड शो के माध्यम से कालाअम्ब से नाहन पहुंचे और अनेक स्थानों पर लोगों ने उनका स्वागत किया उन्होंने कहा कि जगत प्रकाश नड्डा का भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना हिमाचल के लिए गौरव की बात है और इससे देश व प्रदेश में पार्टी मजबूत होगी पुरस्कार कम्पयूटर सोसायटी ऑफ इंडिया ने मुख्यमंत्री कार्यालय के हिम प्रगति ऑनलाईन सिस्टम को हाल ही में उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा है

जन सुविधा राजस्व व कृषि विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में जनसुविधाएं जल्द बहाल करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं आज शिमला में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ॅविभिन्न विमागों के वरिष्ठ अधिकारियों और उपायुक्तों के साथ राहत कार्यो की समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित उपायुक्तों को शरद ऋत में हुए नुकसान की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए ओंकार शर्मा ने कहा कि सड़कों से बर्फ हटाने के लिए जल्द ही स्नो कटर व अन्य जरूरी उपकरण खरीदे जाएंगे

इस अवसर पर विधायक पवन नैयर भी मौजूद रहे उन्होंने कहा कि चम्बा मैडिकल कॉलेज में जल्द ही एमआरआई सिटी स्कैन की मशीनें मिलेंगी

पहली उड़ान भुंतर स्टींगरी मुंतर दूसरी भुंतर बारिंग चोखंग भुंतर और तीसरी उड़ान भुंतर जिस्पा भुंतर के बीच होगी

कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा किए गए अध्ययन में ये खुलासा हुआ हैं विश्वविद्यालय के कलपति प्रोफैसर अशोक सरियाल ने बताया कि फसल चक्र में परिवर्तन के कारण उत्पादन कम हुआ है और गेहूं की देरी से हुई बिजाई इसकी मुख्य वजह रही है उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में समय पर वर्षा न होने से गेह की बिजाई समय पर नहीं हो पाई और अध्ययन में ये तथ्य भी सामने आए हैं कि दो महीने बाद बिजाई होने से गेंहूं में जर्मिनेशन के लिए अधिक समय लगता है कूलपति ने उम्मीद जताई कि इस वर्ष समय पर वर्षा होने से गेहूँ की अच्छी पैदावार होगी क्योंकि प्रदेशमर में सही समय पर फसल की बिजाई की गई है

ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष दिये जाते हैं बच्चों को ये पुरस्कार नवाचार समाज सेवा कला संस्कृति व खेलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने और वीरता के लिए दिये जाते हैं

कांगड़ा जिले में पालमपुर की अलाइका को भी राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने अलाइका को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि हिमाचल की बहादुर बेटी को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है

जिला परिषद सदस्य सुरेन्द्र रेकटा ने इस मामले की सीबीआई जाँच की मांग की जिला परिषद अध्यक्ष धर्मिला हरनोट ने बताया कि पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है और संदिग्ध युवक का नाको टैस्ट करवाया जा रहा है

प्रचार प्रसार अभियान प्रधानमंत्री जनकल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान हिमाचल प्रदेश ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून बनाकर मानवता की भिसाल कायम की है अभियान के अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इससे पड़ोसी देशों में धर्म के नाम पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को राहत मिलेगी खेलो इंडिया गुवाहाटी में तीसरे खेलो इंडिया युवा खेलों का आज समापन हो गया कल खेले गए बॉक्सिंग स्पर्धा के फाईनल मुकाबले में हिमाचल की स्नेहा नेगों ने हरियाणा की बॉक्सिंग खिलाड़ी को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता स्नेहा नेगी किन्नौर जिले के सांग्ला की रहने वाली हैं पदक तालिका की सूची में महाराष्ट्र पहले हरियाणा दूसरे और दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा मेंट शिमला के तारादेवी स्थित आईटीबीपी सैक्टर मुख्यालय के डीआईजी प्रेम सिंह ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट कर उन्हें प्रदेश में बल द्वारा किए जा रहे कार्यो से अवगत करवाया

प्रेम सिंह ने एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने में अपने अनुभवों को भी मुख्यमंत्री के साथ साझा किया कुल्लू भाजपा जगत प्रकाश नड़डा को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रदेश में जश्न का माहौल है कुल्लू में आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिठाईयां बांट कर खुशी का इजहार किया जिला भाजपा अध्यक्ष भीमसेन ने कहा कि जेपी नड्डा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए गौरव की बात है उन्होंने उम्मीद जताई कि नड्डा के क्शल नेतृत्व में भाजपा और मजबूत होगी